प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षाओं के बारे में स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बौद्धिक सत्र आयोजित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईगोव प्लेटफॉर्म पर श्रू हो गई है और यह रविवार तक चलेगी

संबंधित प्रश्नों का चयन कर इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे देशभर के लगभग दो हजार स्क्ली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों में से विजेता को च्ना जाएगा और उन्हें आकर्षक प्रस्कार दिए जाएंगे

इस अवसर पर सूचना और जनसम्पर्क मंत्री बमांग फैलिक्स और इस विभाग के सलाहकार लैसम सिमाई उपस्थित थे बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री पेमा खांड़ ने कहा कि मोबाइल डिजिटल मुवी थियेटर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के लोगों को विश्व स्तर के फिल्मों से आनन्दित होने का अवसर मिलेगा इससे लोगों में शिक्षा का भी प्रसार होगा राज्य सूचना और जनसम्पर्क विभाग के उप निदेशक देनहांग बोसाई ने कहा कि मोबाइल डिजिटल मूवी थियेटर ईस्ट सियांग करुंग क्मे लोअर स्बनसिरी नामसाई और तवांग जिले में स्थित होंगे उन्होंने कहा कि सबसे प्रभावी तरीका ऑडियो वीडियों के जरिए लोगों तक सरकार के कार्यक्रमो और योजनाओं की जानकारी पहंचाने में मोबाइल थियेटर अहम भूमिका निभाएंगी

गौरतलब है कि नोक्ते जनजाति की अपनी लिपि नहीं है जिसके कारण लिखित साहित्य की कमी है श्री वांगथाम हमचा बिना किसी के मदद से ख्द इस वेबसाईट को चला रहा है

इस अवसर पर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती राधिल् चाई ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया उन्होंने महिलाओं दवारा सामना किए जा रहे सामाजिक च्नौतियों जैसे बहविवाह और लैंगिक समानता इत्यादि मुद्दो पर भी चर्चा की श्रीमती चाई ने कहा कि इन सामाजिक ब्रायों को मिटाने में गांव बूढ़ाओं की अहम भूमिका है

सिल्ले ओयान बांग्गो और ऑल लेगोंग बांग्गो छात्र संघ के समन्वित सहयोग से ए पी सी एस दो हजार सोलह बैच के अफसरों ने क्राउड फंडिंग की पहल की

डॉ सिंह ने सार्वजनिक संपत्ति की स्धार और मरम्मत के लिए चलाए समन्वित पहल की सराहना की उन्होंने कहा कि इस तरह की संपत्ति छात्रों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे और साथ ही समाज में सामाजिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करेंगे

उन्नीस सौ इकहत्तर की य्द्द में भारत का पाकीस्तान पर शानदार विजय के पचासवे वर्षगाठ को मनाने के उपलक्ष्य पर स्वर्णीम विजय वर्ष के तौर पर इस मैराथन को स्पेर कोर्प्स के दाओ डिविजन ने आयोजित किया था गौरतलब है कि दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर की य्द्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की थी जिसके कारण बंग्लादेश का गठन हआ